कुंभ का शुभारंभ विभिन्न अखाड़ों के साधु संतों की गंगा यमुना और विलुप्त सरस्वती की धाराओं में पहलो ड्रबकी लगाने के साथ हुआ अब तक लगभग दो करोड़ श्रद्वालु संगम पर स्नान कर चुके हैं और डुबकी लगाने के लिये अब भी वहां ताता लगा हुआ है इस विश्वस्तरीय आयोजन को दिव्य और भव्य रूप से मनाने के साथ साथ सुरक्षित ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये हैं

महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है पहली बार तीन महिला पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं

श्रद्वालुओं के आवागमन के मद्देनजर रेलवे ने एक हजार सात सौ ग्यारह स्पेशल टेने चलाई हैं जबकि राज्य परिवहन निगम ने छह हजार बसें संचालित कर रखी है आज केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और साध्वी निरंजन ज्योति ने त्रिवेणी पर पवित्र डुबकी लगाई

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को श्भकामनायें दी हैं अपने टवीट में प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि भारत आर विदेश के श्रद्वालु देश की आध्यात्मिक सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता के साक्षी बनेंगे सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दस प्रतिशत आरक्षण देने का अधिनियम कल से लागू हो गया है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पिछले शनिवार को अधिनियम को मंज्री दी थी

इस सिलसिले में विशेष तैयारियां की गई है इस दौरान सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कुंभ में भी भाग लेंगे ताकि वे इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के महत्वपूर्ण पहलूओं को न सिर्फ करीब से देख सके बल्कि इसके सामाजिक विविधता के पक्ष के प्रत्यक्षदर्शी भी बन सक प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि आयूष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड जारी करने के लिये बीस से तीस जनवरी तक सभी ज़िलों में व्यापक अभियान चलाया जायेगा लखनऊ में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा मरीजों को लाभान्वित कराने के कामों में और अधिक तेजो लाई जानी चाहिए उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत एक हजार पांच सौ पैंतीस अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है श्री सिंह ने कहा कि अब तक छह लाख से अधिक लाभाथियों को गोल्डन कार्ड मुहैया कराये जा चुके हैं उन्होंने कहा कि चार महीने से भो कम समय में बीस हजार से अधिक गरीबों को इस योजना के तहत इलाज उपलब्ध कराया गया है गौरतलब है कि इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को कैंसर हार्ट सर्जरी ब्रेन सर्जरी सहित अन्य गंभीर बीमारियों के लिये निःशुल्क उपचार सुविधा दी जा रही है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

मकर संक्रांति का पर्व पूरे प्रदेश में आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है मान्यता के अनुसार यह त्योहार पौष माह में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है इस त्योहार के देश क सभी राज्यों में अलग अलग नामों और तरह तरह के रीति रिवाजा के साथ श्रद्वा पूर्वक मनाये जाने का प्रचलन है उत्तर प्रदेश में यह त्योहार मुख्य रूप से दान पर्व है आज के दिन स्नान के बाद दान देने की भी परम्परा है समूचे राज्य में इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है और इस दिन खिचड़ी खाने व खिचड़ी दान देने का अत्याधिक महत्व होता है इसी क्रम में वाराणसी में आज गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा स्नान के बाद श्रद्वाल्ओं ने गरोबों में चावल दाल काला तिल गुड़ और द्रव्य दक्षिणा का दान किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पावन पर्व पर गोरखप्र स्थित गोरक्षनाथ मंदिर में खिचड़ी का भोग लगाया सदियों से नाथ सम्प्रदाय के इस मंदिर में मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी चढ़ाने की परम्परा रही है गोरक्षनाथ मंदिर में आसपास के ज़िलों के अलावा बिहार और नेपाल से भी भारी संख्या में श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाने आते हैं इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने कुशीनगर नारायणी नदी और कानपुर में गंगा के प्रमुख घाटों पर स्नान कर दान पुण्य किया लखनऊ बाराबंकी सहित विभिन्न जिलों में खिचड़ी के सह भोज भी आयोजित किये गये भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी ने आज बभनान रेलवे स्टेशन पर उच्चीकृत प्लेटफार्म और नये यात्री प्रतीक्षालय का लोकार्पण किया इस अवसर पर श्री द्विवेदी ने कहा कि रेल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिये पूर्वोत्तर रेलवे ने कई प्रभवी कदम उठाये हैं उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न भागों से बभनान आने जाने वाले यात्रियों को इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा कार्यक्रम में अपर मंडल रेल प्रबंधक प्रवीण पाण्डेय सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग भी मौजूद थे

इस अवसर पर नई दिल्ली में सैन्यकर्मियों का संबोधित करते हुए थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा कि सेना सीमा पर पाकिस्तान की ओर से आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए कठोर कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगी उन्होंने कहा कि भारत की पश्चिमी सीमा पर बाहरी समर्थन पाने वाले आतंकी गिरोहों से प्रभावी ढंग से निपटने में सेना पूरी तरह सक्षम है

विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्री डाक्टर हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में दूरदर्शन के डीडीसाइंस और इंडिया साइंस नाम के नये चनलों की शुरूआत की डीडीसाइंस विज्ञान और टेक्नोलॉजो पर दूरदर्शन का पहला दैनिक स्लॉट है जबकि इंडिया साइंस इंटरनेट आधारित चनल है उच्चतम न्यायालय न किसी भी कंप्यूटर प्रणाली के संचालन में हस्तक्षेप निगरानी और उसके विवरण की छानबीन करने सम्बंधी सरकारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई तथा न्यायमूर्ति अशोक भूषण और एसके कौल की पीठ ने केंद्र सरकार से डेढ़ माह के अन्दर जवाब मांगा है

प्रदेश के नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा है कि सपा बसपा गठबंधन निजी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिये बनाया गया है लेकिन इसे अपने मंसूबे में सफलता नहीं मिलेगी उन्होंने कहा कि इस तरह के गठबंधन से मुकाबला करने के लिये भाजपा के पास श्री नरेन्द्र मोदी के रूप में क्षमतावान नेतृत्व मौजूद है